इस दौरान वह विभागीय अधिकारियों से नई शिक्षा नीति को लेकर अब तक किए गए कार्यों की फीडबैक लेंगे कोरोना जांच प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट नहीं होंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने कल शिमला में बताया कि प्रदेश में कोरोना संकमण फैलने का मुख्य कारण शादी सहित अन्य सामाजिक समारोहों में बरती गई ढील है

उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना मरीजों को उचित उपचार करवाने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पतालों में कोविड वार्डो का नियमित दौरा करने के भी निर्देश जारी किए हैं

केसीसी बैंक राजीव भारद्वाज को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है कल देर शाम को सहकारिता विभाग की ओर से भारद्वाज को बैंक का अध्यक्ष बनाए जाने की अधिसूचना जारी हुई

उधर प्रदेश सरकार ने लोकनिर्माण विभाग के पूर्व प्रमुख अभियंता आरपी वर्मा को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का सदस्य नियुक्त किया है

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित उनके परिवार के सदस्यों की भी कल कोरोना जांच की गई और इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने किए हरसभंव प्रयास जो व्यावहारिक होगा कदम उठाएंगे हिमाचल दस्तक लिखता है अब बार्डर पर जांच की जरूरत नहीं दैनिक भास्कर का शीर्षक है अब वो दौर नहीं कि बार्डर पर पर्यटकों की कोरोना जांच हो आपका फैसला का कहना है कोरोना महामारी का प्रसार रोकने के लिए हिमाचल सरकार कर रही आनलाइन कार्यक्रम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं समय पर होंगे पंचायत चुनाव भूल जाएं जश्न पंजाब केसरी ने खबर दी है हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों के नहीं होंगे कोरोना टैस्ट अमर उजाला लिखता है विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कोविड पास की तरह ही सरकार के पोर्टल पर करना होगा आवेदन इसी समाचार पत्र के मुताबिक राजीव भारद्वाज फिर बने केसीसी बैंक के अध्यक्ष

जबकि पंजाब केसरी ने लिखा है वीरभद्र सिंह के पीएसओ एस्कॉर्ट में तैनात कर्मी सहित अन्य पाए गए पॉजिटिव

दैनिक भास्कर ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को टेट में न्यूनतम अंकों में उपयुक्त छूट देने पर विचार करे कई पहाड़ कमजोर बदलेगी अलाइनमेंट शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है बिलासपुर मनाली लेह रेलमार्ग का रिफाइन अलाइनमेंट कार्य पूरा हिमाचल दस्तक की एक खबर है आशा वर्करों को फिर मिलेगा इंसेंटिव डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से होगा भुगतान